दोपहर एक बजे राजभवन में आयोजित एक विशेष समारोह में प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश संजय करोल उन्हें पद व गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे

मख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र आज नई दिल्ली में विभिन्न बैठकों में भाग लेंगे वे हिमाचल की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा करने व गति देने के लिये कोन्द्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे इस दौरान कई राजनीतिक और समसामयिक विषयों पर भी विस्तृत चर्चा की जाएगी मुख्यमंत्री अपने तीन दिवसीय दिल्ली दौरे से बुधवार को वापस शिमला लौटेंगे बैठक शिमला जिला में मतदान केन्द्रों की प्रारूप सूची व युक्तिकरण के लिए कल जिला निर्वाचन अधिकारी अमित कश्यप ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की

उपायुक्त ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से हर मतदान केन्द्र पर बूथ स्तर के एजेंटों की नियुक्ति सुनिश्चित करने को कहा ताकि त्रुटि रहित मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण किया जा सके

उन्होंने लोगों से इन शिविरों का लाभ उठाकर अपने आधार कार्ड बनाने का आहवान किया है

उन्होंने कहा कि क्षेत्रवासी ये शिकायतें अपने अपने पंचायत कार्यालय में दर्ज करवा सकते हैं

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने एनजीटी के फैसले से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है सरकार को झटका शिमला में ढाई मंजिल से ऊंची इमारतें बनाने की अनुमति नहीं

दिव्य हिमाचल का शीर्षक है शिमला में अढ़ाई मंजिल से ऊंचे भवनों पर रोक बरकरार दैनिक जागरण के शब्द हैं ढाई मंजिल से ऊंचे भवन बनाने पर रोक वहीं दैनिक सवेरा टाइम्स और आपका फैसला का शीर्षक है शिमला के कोर व ग्रीन एरिया में अब नहीं होगा भवन निर्माण सीएस की सेवानिवृति से पहले हिमाचल लौट आएंगी उपमा चौधरी सितम्बर में रिटायर होंगे विनीत मुख्य सचिव की दौड़ में हैं उपमा वीके अग्रवाल और श्रीकांत बालदी अमर उजाला की एक खबर है

इसी अखबार के अनुसार हिमाचल की सियासी राजधानी बनी दिल्ली मुख्यमंत्री के हवाले से आपका फैसला ने सुर्खी दी है आज की नारी हर क्षेत्र में कर रही उत्कृष्ट प्रदर्शन महिला सशक्तिकरण के बिना समाज का विकास अधुरा भूल जाओ बेल नशा मिला तो होगी जेल शीर्षक से दैनिक जागरण ने लिखा है सरकार एनडीपीएस एक्ट में संशोधन के लिये केन्द्र से करेगी सिफारिश इसी अखबार की एक अन्य खबर के अनुसार गूगल फेसबुक समेत बड़ी कम्पनियां आएंगी हिमाचल वाकनाघाट में डाटा बैंक स्थापित करने को दिया जाएगा न्योता राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी को हिमाचल का अतिरिक्त प्रभार शीर्षक से दैनिक सवेरा टाइम्स ने लिखा है कार्यकारी राज्यपाल के तौर पर आज शपथ लेंगे सोलंकी

अब एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने सम्पादकीय में लिखा है नशा तस्करी रोकने की कोशिशें निश्चित तौर पर प्रदेश की युवा पीढ़ी को सही राह पर लाने में मदद करेंगे जरूरी है कि लोग जागरूक नागरिक बनें शीर्षक है नशे पर सख्ती आपका फैसला ने अपने सम्पादकीय पौधरोपण का अनूठा रिकॉर्ड में लिखा है कि पौध रोपण वास्तव में मानव जीवन का एक अहम हिस्सा है लेकिन जंगलों की अंधाधुंध कटाई और वन माफिया के लगातार बढ रहे हौसलों ने इस अभियान में कहीं न कहीं घुन लगा दिया है सरकार को ऐसी नीतियां बनानी होंगी जिन्हें आम आदमी भी आसानी से समझ सके